राज्य में आज संक्रमण का कोई भी पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि धार्मिक सामाजिक संगठनों को अंधविश्वास और द्रष्प्रचार से निपटने में बड़ी भूमिका निभानी चाहिए प्रधानमंत्री ने विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों से वीडियो कांफ्रेंस के जरिये संवाद करते हुए कोविड उन्नीस महामारी के बारे में जागरूकता फैलाने की अपील की श्री मोदी ने कहा कि आस्था के नाम पर लोग भीड़ के रूप में एकत्र होते देखे गये और सामाजिक दूरी बनाये रखने के नियम का उल्लंघन किया गया उन्होंने कहा कि संक्रमण के इस दौर में सामाजिक द्री बनाये रखना बहुत आवश्यक है श्री मोदी ने कहा कि वायरस के संक्रमण की चुनौती से निपटने के लिए पूरे राष्ट्र ने अत्यधिक धैर्य और सहनशीलता दिखाई है महात्मा गांधी के शब्दों गरीब और निम्न वर्ग के लोगों की सेवा करना ही राष्ट्र सेवा का श्रेष्ठ तरीका है को स्मरण करते हुए श्री मोदी ने मानवता की सेवा कर रहे सामाजिक संगठनों के समर्पण और प्रतिबद्धता की सराहना की प्रधानमंत्री ने कहा कि इन संगठनों की तीन विशेषताएं हैं मानवीय द्रष्टिकोण व्यापक पहुंच और जनता से सम्पर्क तथा सेवा करने का नजरिया प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड उन्नीस की चुनौती से निपटने के लिए राष्ट्र को लघु अवधि उपायों और दीर्घावधि सोच की आवश्यकता है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देशभर में कोविड उन्नीस के बारह सौ तिरसठ मामलों की पूष्टि की है इनमें से एक सौ दो लोग इलाज के बाद ठीक हो गए हैं और देश में बत्तीस मरीजों की मौत हुई हैं इधर प्रदेश में आज कोरोना वायरस से संक्रमण का कोई नया मामला नहीं आया है जिसके कारण कोरोना मरीजों की संख्या स्थिर है जानकारी के मुताबिक पंद्रह लोग कोरोना पॉजिटिव पाये गये हैं जबकि एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है इधर आरएमआरआई से मिली सूचना के मुताबिक प्रदेश भर से आये एक सौ छत्तीस सैंपल की जांच रिपोर्ट निगेटिव आयी है पटना एम्स ने आज जारी रिपोर्ट में कहा है कि नौ मरीजों में से दो को पूर्णतः संक्रमण मुक्त होने के कारण अस्पताल से छुट्टी दे दी गयी स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा है कि देश में कोरोना वायरस के संक्रमण में अभी सामुदायिक प्रसारण के चरण में प्रवेश नहीं किया है

कामगारों के मकान मालिकों को भी एक महीने का किराया नहीं लेने का निर्देश दिया गया है गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने संवाददाताओं को यह जानकारी दी साउंड बाइंट जो स्टेंडर्ड लेबर है उसके लिए फूड और शेटर का प्रावधान हो स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड के अंतर्गत स्टेट को यूटीज को इसके लिए सफिसियट फंड मिला हुआ है

जितने इमप्लोयर हैं उनको निर्देश दिया जाये और ये लागू किया जाये क्लोज डाउन प्रीयर्ड के लिए वर्कर और उनके वर्क पेलेसस पर ड्यू डेट पर बिना डिटेक्शन के पूरी वेंटेज दें जो वर्कर रेंटेड अकोमोडेशन में रह रहे हैं उनके लैंडलोड न उनसे एक महीने का रेंट मांगेगे और न उनसे खाली करायेंगे राज्य सरकार ने प्रदेश की सीमा पर फंसे प्रवासी कामगारों को उनके पैतृक स्थान पर भेजने का निर्णय लिया है आपदा विभाग के प्रमुख सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि राज्य की सीमा पर रह रहे मजदूरों की समस्या को देखते हुए उन्हें उनके गांवों में भेजा जा रहा है

एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिये सुरक्षित दूरी का अनुपालन किया जा रहा है और सेनिटाइजर उपलब्ध कराए जा रहे हैं केन्द्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस महीने की पच्चीस तारीख से लागू इक्कीस दिन के लॉकडाउन को बढ़ाने की कोई योजना नहीं है पत्र सूचना कार्यालय ने ट्वीट कर स्पष्ट किया कि कैबिनेट सचिव राजीव गॉबा ने लॉकडाउन बढाने की मीडिया में आई खबरों का खंडन किया है कैबिनेट सचिव ने इन खबरों को खारिज किया है और कहा है कि ऐसी खबरें बेब्रनियाद हैं प्रदेश में लॉकडाउन के छठे दिन सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखा जा रहा है लोग घरों से बाहर नहीं निकलें इसके लिये उन्हें घर पर ही आवश्यक वस्तुएं पहुंचायी जा रही हैं शिवहर जिले के तरियानी प्रखंड के सुरगाही पंचायत के वार्ड नम्बर दस में जन वितरण प्रणाली डीलर द्वारा घर घर राशन वितरण किया जा रहा है वहीं जिले में वेवजह घर से बाहर निकलने वाले लोगों पर अंठावन हजार रूपये से अधिक का ज़ुर्माना भी लगाया गया कटिहार नगर पुलिस के द्वारा जरूरतमंद लोगों को सूखा राशन और भोजन वितरित किया गया जमुई जिले में आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी की शिकायत पर प्रशासन ने तीन दर्जन दुकानों और प्रतिष्ठानों पर छापा मारा और एक दुकानदार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है मुजफ्फरपुर जिले में बाहर से आने वाले लोगों के लिये प्रखंड स्तर पर सामुदायिक किचेन का संचालन किया जा रहा है बेगूसराय में प्रवासी मजदूरों और गरीबों को राहत पहुंचाने के लिये अनेक जगहों पर राहत शिविर चलाये जा रहे हैं रोहतास जिले में जिलाधिकारी ने लॉकडाउन के दौरान रबी फसल की कटाई के लिये कृषि उपकरण मंगवाने के लिये अनुमंडल पदाधिकारी को अधिकृत किया है पूर्वी चंपारण जिले के कई इलाकों में ड्रोन कैमरे की सहायता से लॉकडाउन की निगरानी की जा रही है दिल्ली के गोबिन्द पन्त अस्पताल में न्यूरोलॉजी के प्रोफेसर संजय पाण्डे ने नोवेल कोरोना वायरस के लक्षण की जानकारी देते हुए कहा साउंड बाईट इसके लक्ष्य जो फ्लू है या सर्दी जुखाम है उससे मिलते जुलते होते हैं

और यह तकलीफ आम तौर पर उन मरीजों को होती है जिनको पहले से कुछ हाइपोटेंशन है डाइबिटिज है सांस की दिक्कत है और उनकी ऐज ज्यादा है तो अगर कोई रिक्स सैक्टर आपके साथ है तो उस कंडीशन में आपकों ज्यादा सावधानी बरतनी है प्रोफेसर पाण्डे ने कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए स्वच्छ सावधान और जागरूक रहकर पूर्ण बंदी का पालन करने की सलाह दी है साउंड बाईट कोरोना वायरस का संक्रमण रोकना जरूरी है और आज के दिन कोरोना वायरस का कोई ईलाज नहीं है और ईलाज के अभाव में अगर हम इसका संक्रमण नहीं रोकते हैं तो यह घातक हो जायेगा घरों में रहने से क्या है कि इसका जो संक्रमण करने की जो प्रक्रिया है चुंकि हम लोगों से कट जाते हैं और एक व्यक्ति से दुसरे व्यक्ति में इसका प्रसार नहीं होता है तो इसलिए आईसोलेशन या सोशल डिस्टेशन जो भी नाम दे दीजिए यही एकमात्र विकल्प है देश में कोविड उन्नीस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सामाजिक दूरी बनाए रखने व्यक्तिगत साफ सफाई और समूह में एकत्र न होनेका परामर्श जारी किया है एक रिपोर्ट साउंड बाईट सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओंकी पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा की खरीददारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहे आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले गलने से भी बचना चाहिए बाजार मेडिकल स्टोर औरअस्पतालों में लोग कम से कम एक मीटर की दूरी रखें घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोहसे बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए लोगों को अपनी आख नाक और मुंह को छने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए

यदि कोई व्यक्ति खासी या वुखार से पीड़ित है तो वह द्रसरो के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले

आकाशवाणी समाचार स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि राज्य के सभी जिलों के सदर अस्पताल में कोरोना वायरस के संदिग्धों के सैंपल संग्रह की सुविधा शुरू कर दी गयी है उन्होंने कहा कि दूर दराज के लोगों का सैंपल सदर अस्पताल में इकट्ठा कर जांच केन्द्र तक भेजा जायेगा श्री पांडेय ने कहा कि महामारी के मद्देनजर पटना स्थित पीएमसीएच में आइसोलेशन बेड की संख्या बीस से बढ़ाकर एक सौ बीस कर दी गयी है कोरोना वायरस से लड़ने के लिये प्रदेश में अनेक लोगों ने प्रधानमंत्री राहत कोष और मुख्यमंत्री राहत कोष में अंशदान किया है सासाराम से सांसद छेदी पासवान ने सांसद निधि से एक करोड़ रूपये और अपने वेतन से एक लाख रूपये देने की अनुंशसा की है वहीं डिहरी के विधायक सत्य नारायण यादव ने विधायक निधि से पचास लाख रूपये देने की अनुशंसा की है समस्तीपुर से लोजपा सांसद प्रिंस राज ने दो लाख रूपये राहत कोष में देने की घोषणा की है भारतीय जनता पार्टी के विधान पार्षद रजनीश कुमार ने एक लाख रूपये अंशदान दिया है सीतामढ़ी जिले के रून्नीसैदपुर की जिला परिषद् सदस्य रूबी कुमारी ने कोरोना महामारी से बचाव के लिये पांच लाख रूपये की स्वास्थ्य सामग्री खरीदने के लिये अनुशंसा की है राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों ने कोरोना वायरस के संकट से निपटने में सहयोग के लिये अपने एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का निर्णय किया है चैती छठ के तीसरे दिन आज अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया गया कल उदयीमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही चार दिनों का यह महापर्व सम्पन्न हो जायेगा इस बार लॉकडाउन के मद्देनजर नदी और तालाब के घाटों पर छठ पूजा का अनुष्ठान नहीं हो रहा है लोग अपने घरों में कुण्ड बनाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं

राज्य में आज संक्रमण का कोई भी पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया